कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने राज्यों से संक्रमण जांच संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया कल उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है अनेक ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब तक देशभर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए नौ करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समय चार करोड़ तीस लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और इन्हें जल्द राज्यों को भेजा जा रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कृछ राज्य कोविड टीकों की कमी को लेकर जो बवंडर खड़ा कर रहे हैं वह अपनी कमजोरियों को छिपाने की उनकी कोशिश भर है उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान उन तीन राज्यों में शामिल हैं जिन्हें सबसे अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं

इस तरह से राज्य में सेकेंड डोज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पर्याप्त डोज उपलब्ध हो गयी है कल सुबह रांची एयरपोर्ट पर कोवैक्सीन टीका की दो लाख डोज पहुंचते ही इसे नामकुम स्थित वेयर हाउस ले जाया गया वहीं स्टेट वेयर हाउस से कोवैक्सीन का टीका राज्य के सभी जिलों में पहुंचा दिया गया है जिन जिलों में कोवैक्सीन की पहले डोज के टीके लगे हैं उन जिलों में उसी अनुपात कोवैक्सीन आवंटित की गयी है

उन्होंने कहा कि जो निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी राशि की वसुली करेंगे उनके विरुद्ध नियम केअनुसार कार्रवाई की जाएगी

मंत्री ने बैठक में उपस्थित नही होने वाले निजी अस्पतालों पर नाराजगी जताई गई अभियान निदेशक को कहा कि ऐसे अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा जाए और संबंधित इंसीडेंट कमांडर द्वारा उन अस्पतालों की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए

मंत्री ने कहा कि अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा तय कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा बैठक में स्वास्थ्य सचिव केके सोन तथा अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला भी उपस्थित थे

राज्य में जांच और टीकाकरण का काम तेज कर दिया गया है

राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार आठ सौ बयासी नए कोरोना संक्रमित मिले हैं राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की क्ल संख्या बढ़कर एक लाख बतीस हजार सात सौ नब्बे पहंच गई है वहीं दूसरी ओर चार सौ अंठानबे लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छटटी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख बाईस हजार तीन सौ तिरासी पहंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की क्ल संख्या बढ़कर नौ हजार दो सौ उनचास पहुंच गई है राज्य भर में कल सात कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की क्ल संख्या बढ़कर एक हजार एक सौ अंठावन पहुंच गई है

राजधानी रांची स्थित रिम्स में सीटी स्कैन की मशीन की खरीदारी नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कल अफसरों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में कोर्ट के निर्देश के बाद भी मशीन की खरीद नहीं हुई मरीजों को पर्ची पर प्राइवेट जांच कराने के लिए लिख दिया जा रहा है चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में कल रिम्स में मेडिकल उपकरणों की खरीद के मामले में स्वतः संज्ञान से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी चीफ जस्टिस ने रिम्स निदेशक को आदेश दिया कि वे तुरंत मेडिकल उपकरण खरीदर्न का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें

पहले दिन एक पाली जबकि दूसरे और तीसरे दिन दो दो पालियों में परीक्षाएं होंगी

रांची और आसपास के इलाके में आज सुबह से हल्के बादल छाये रहे मौसम विभाग के अनुसार कल भी बादल छाये रहने की संभावना है जबकि कई इलाको हल्की बारिश भी हो सकती है

पलाम लातेहार गढ़वा आदि इलाके में लू चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा जबिक पाकड़ साहिबगंज गुमला सरायकेला में कल हल्की बारिश भी हुई अब सक्षिप्त खबरें बहुचर्चित चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई

इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना एवं दीदी बाड़ी योजना को लेकर चर्चा हुई उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया